प्रधानमंत्री आज सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में देव दीपावली पर्व पर प्रधानमंत्री के आगमन के मददेनजर व्यवस्था द्रूस्त करने के दिये निर्देश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस वैक्सीन के विकास और विनिर्माण में शामिल केंद्रों का दौरा करने के लिए कल तीन शहरों पुणे अहमदाबाद और हैदराबाद की यात्रा की यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री शाम को पुणे के सीरम इन्सटीट्यूट पहुंचे

लगभग एक घंटे के दौरे में प्रधानमंत्री का संस्थान के संस्थापक सायरस पुनावाला और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अतेर पुनावाला ने स्वागत किया वैक्सीन संयंत्र में प्रबंधक दल और वैज्ञानिकों के एक समूह ने प्रधानमंत्री को वैक्सीन के विभिन्न चरणों के बारे में अवगत कराया हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी ने वैक्सीन के तैयार होने उत्पाद और वितरण समेत पूरी स्थिति की विस्तृत समीक्षा की पुणे आने से पहले प्रधानमंत्री सुबह अहमदाबाद के जायडस बायोटेक पार्क गए और वैज्ञानिकों तथा संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा की श्री मोदी ने टीका निर्माण के काम में जुटी टीम की प्रशंसा की उन्होंने कहा कि भारत सरकार इस यात्रा में वैज्ञानिकों की सहायता के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में जिनोम वैली में स्थित भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड पहुंचे उन्होंने वैज्ञानिकों से मुलाकात की और टीके के उत्पादन तथा आपूर्ति के बारे में चर्चा की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अब तक के परीक्षणों के लिए वैज्ञानिकों को बधाई दी प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत बायोटेक आईसीएमआर के साथ मिलकर बहुत तेजी से वैक्सीन बनाने की दिशा में काम कर रहा है वी बी आई एल ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के साथ मिलकर वैक्सीन का निर्माण किया है वर्तमान में देश भर के बाईस राज्यों में पच्चीस हजार से अधिक स्वयंसेवकों को शामिल करके कोवाक्सिन के तीसरे चरण के परीक्षण चल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की इकहत्तरवीं कड़ी होगी इसे आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नटवर्क पर प्रसारित किया जायेगा यह कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट डब्लू डब्लू डब्लू डॉट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट कॉम और न्यूज ऑन ए आई आर मोबइल ऐप पर भी सुना जा सकता है इसे आकाशवाणी डीडी न्यूज प्रधानमंत्री कार्यालय और सुचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूटूब चैनलों पर भी लाइव स्ट्रीम किया जायेगा आकाशवाणी हिन्दी में कार्यक्रम के प्रसारण के तत्काल बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसे प्रसारित करेगा

उन्होंने कहा कि भू जल एवं सरफेस वॉटर के उचित नियोजन के लिए शासन प्रशासन सहित स्वयंसेवी संगठनों द्वारा जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जाने की आवश्यकता है

उन्होंने कहा कि बुन्देलखण्ड व विन्ध्य क्षेत्र में जल संकट के स्थाई समाधान के लिए लगभग पन्द्रह हजार करोड़ रुपये लागत की हर घर नल योजना लागू की गई वहीं भू जल एवं सरफेस वॉटर के संरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष वृक्षारोपण महाअभियान संचालित किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कल की वाराणसी यात्रा को देखते हुए तैयारियां जोरों पर हैं प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में देव दीपावली कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे देव दीपावली में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर पवित्र नदियों के किनारे बड़ी संख्या में दीप जलाये जाते हैं हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी जाकर देव दीपावली आयोजन की तैयारियों का निरीक्षण किया

उन्होंने सुरक्षा व्यक्स्था के बारे में जानकारी प्राप्त की और संबंधित अविकारियों को पुख्ता और चाक चौबंद सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये कहा

उन्होने कहा कि धार्मिक आध्यात्मिक सैक्षणिक और पर्यटक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र होने के चलते काशी का राष्ट्रीय और अंतरणष्ट्रीय स्तर पर विरोष स्थान है और यहां से निकला संदेश पूरी दुनिया में जाता है मुख्यमंत्री ने कहा कि सफाई प्रधानमंत्री की प्राथमिकताओं में हैं इसलिए पूरे काशी में स्वच्छता और सफाई सुनिश्चित की जाए

इस अवसर पर लेजर सो कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने किसानों से अपील की है कि वह विपक्षी राजनीतिक दलों के बहकावे न आये और अपना आन्दोलन खत्म कर दे श्री मार्य ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि केन्द्र और प्रदेश सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही है मैं देश के किसानों से भी विशेषतौर से उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों से यह अपील करना चाहता हूं कि इस प्रकार का आन्दोलन विशेष तौर से माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ कांग्रेस के द्वारा रची गई साजिश के सिवा कुछ नहीं है

किसान को अधिक कीमत मिले

प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में विगत मंगलवार को धर्मान्तरण कानून के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद इसे राज्यपाल के पास अनुमोदन के लिये मेजा गया था राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही यह अध्यादेश के रूप में प्रदेश में लागू हो गया है

अध्यादेश के अनुसार किसी एक धर्म से अन्य धर्म में लड़की का धर्म परिवर्तन का एक मात्र प्रयोजन सिर्फ शादी के लिये किया जाता है तो ऐसा विवाह शून्य अथवा अमान्य की श्रेणी में लाया जा सकेगा